प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आठ दिसम्बर से होगी शुरू

राजधानी पटना के बाईपास इलाके में कल देर शाम पुलिस और अपराधियों के बीच हुयी मुठभेड़ में पुलिस के जवान मुकेश सिंह शहीद हो गये मुकेश पटना पुलिस की विशेष सेल में पदस्थापित थे पुलिस सूत्रों के अनुसार बाईपास इलाके में एक कुख्यात अपराधी और उसका गिरोह किसी घटना को अंजाम देने आया था जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी इस दौरान मुकेश सिंह को गोली लगी उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गयी अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने कहा कि अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा उन्होंने कहा कि शहीद मुकेश ने गोली लगने के बावजूद अपराधियों को पकड़ रखा था जिसके कारण एक अपराधी पकड़ा गया सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने कहा कि शहीद जवान को वीरता पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा केन्द्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले गरीबों को अब बड़े सिलेंडर की जगह छोटे सिलेंडर का विकल्प देगी माना जा रहा है कि बड़े सिलेंडर की कीमत अधिक होने के कारण बहुत सारे गरीब परिवार इसे दुबारा भरवाने से बचे रहे हैं जबकि छोटे सिलेंडर को कम पैसे में आसानी से भरवा सकते हैं केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि देश में आम जनता को बीमा कवरेज देने का कार्यक्रम बड़े स्तर पर शुरू करने के बाद अब केन्द्र सरकार हर भारतीय का बीमा कराने का प्रयास शुरू कर रही है इसके लिए सरकार की तरफ से नये कदम उठाये जायेंगे भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना इस दिशा में एक बड़ा कदम है जो पचास करोड़ भारतीय को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि लोगों को बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जायेगा वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि जीएसटी रिफंड के तिरानवे दशमलव सात सात प्रतिशत मामलों को निपटा दिया गया है बकाया दावों का भी जल्द ही निपटान कर दिया जायेगा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सीबीआईसी और राज्य सरकारों ने जीएसटी के लगभग इक्कानवे हजार एक सौ उन्चास करोड़ रूपए रिफंड कर दिये है इसके लिए संतानवे हजार दो सौ दो करोड़ रिफंड के दावे प्राप्त हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वरीय अफसरों को निकम्मे और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को बाहर करने का आदेश दिया है उन्होंने कहा कि बहाली से लेकर प्रशिक्षण तक सब सुविधाएं देने के बाद भी यदि पुलिस मुस्तैदी से काम नहीं करता तो ऐसे लोगों को हटाया जायेगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह भवन को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके तहत नगर निगम ने बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत बने साहू रोड स्थित बालिका गृह भवन को खाली कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दस दिसम्बर तक बालिका गृह भवन को तोड़ने का आदेश दिया है राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में धान गेहूं और दलहन सहित अन्य फसलों के उत्पादन के लिए एक सौ करोड़ रूपये से अधिक की योजना की मंजूरी दे दी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि योजना के तहत धान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पन्द्रह जबकि गेहूं के लिए दस जिले चयनित किये गये हैं वहीं दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्यारह चयनित जिलों में योजना चलायी जायेगी प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आठ दिसम्बर से से शुरू होगी साढ़े अठारह लाख से अधिक परीक्षार्थी पांच सौ इकहत्तर केन्द्रों पर परीक्षा देंगे परीक्षा के तैयारी पूरी हो गयी है केन्द्र के अंदर जूता मौजा या घड़ी पहनकर जाने की मनाही है साथ ही पैन पेंसिल और आभूषण लेकर भी केन्द्र में दाखिल नहीं हो सकेंगे राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को धान की खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया है

प्रदेश में अब तक सीतामढ़ी और किशनगंज में ही धान की खरीद शुरू हो पायी है प्रदेश में चौदह दिसम्बर से प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने से पहले इसका सख्ती से अनुपालन कराने के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स और छापेमारी दस्ता का गठन किया जायेगा नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर दस दिसम्बर तक टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है प्रेसिडेंसियल डिवेट के साथ ही पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया

कल सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक वोट डाले जायेंगे चार बजे से मतगणना होगी और देर रात परिणाम घोषित किया जायेगा इस बीच पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है कल देर शाम विश्वविद्यालय के कुलपति डाक्टर रास बिहारी सिंह से मिलकर बाहर निकले जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की गाड़ी पर पथराव किया गया इस मामले में एबीवीपी के करीब दो दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया जिन्हें देर रात छोड़ दिया गया इस बीच भाजपा युवा मोर्चा ने एबीवीपी के उम्मीदवारों को कथित रूप से परेशान करने को लेकर देर रात राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंप कर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की अन्य छात्र संगठनों ने भी जदयू नेता के छात्र संघ चुनाव में हस्तक्षेप का विरोध किया इधर राज्यपाल लालजी टंडन ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति से इन शिकायतों के मद्देनजर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश इलाकों के तापमान में आज भी एक डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है हवा में नमी के कारण ठंड में वृद्धि होगी सात दिसम्बर से तापमान में और तेजी से गिरावट आयेगी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आज पटना के पाटलिपुत्र मैदान में रोजगार मेला शुरू हो रहा है केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद इस मेले का उद्घाटन करेंगे मेले में ऊर्जा क्षेत्र खुदरा क्षेत्र दूरसंचार वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कई कंपनियां भाग लेंगी पटना में खेली जा रही अखिल भारतीय टेनिस प्रतियोगिता में बिहार की प्रियम कुमारी ने ओडिशा की अनन्या को दो छह छह एक और छह चार से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है सीके नायडू ट्रॉफी अंडर टेवेंटी थ्री क्रिकेट में मणिपुर के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है मोकामा के मरांची में ग्यारह से तेरह दिसम्बर तक बिहार राज्य गोल्ड कप कबड्डी चैम्पियनशिप का आयोजन किया जायेगा आरा में खेली जा रही इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल टूर्नामेंट में वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय आरा एल एन मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और मगध विश्वविद्यालय बोधगया की टीमें राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर गयी है हावड़ा मोकामा पैसेंजर ट्रेन तेरह से सोलह दिसम्बर तक रद्द रहेगी हावड़ा मंडल में बैंडेल और शक्तिनगर रेल खंड पर तीसरी रेल लाईन का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके कारण तीन से सत्रह दिसम्बर के बीच सोलह जोड़ी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करके चलाया जा रहा है

वैशाली और गया जिले से पुलिस ने पिछले चौबीस घंटे में पांच सौ पैंतीस कार्टन विदेशी शराब बरामद कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है समस्तीपुर सीतामढ़ी रोहतास और बक्सर जिले से अपराधियों ने सात लाख अस्सी हजार रुपये लूट लिये आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है सूबे में पांच फीसदी महंगी बिजली का प्रस्ताव दैनिक जागरण ने लिखा है बाईपास पर बदमाशो से मोर्चा लेने में सिपाही मुकेश शहीद दैनिक भास्कर का शीर्षक है बिना माल खरीदें ही फर्जी ई वे बिल बनाकर मुफ्त में उठा लिये बीस करोड़ प्रभात खबर की सुर्खी है बिहार बोर्ड टॉपरों को मिले एक एक लाख और लैपटॉप

प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आठ दिसम्बर से होगी शुरू